उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सहकारी संघवाद जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के प्रति दृढ़संकल्प और न्यू इंडिया के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है वित्तमंत्री ने कहा कि दो हजार चौदह में साढ़े अट्ठारह खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था अब सत्ताइस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है भारतीय अर्थव्यवस्था इसी वर्ष तीस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण में दो हजार उन्नीस बीस से दो हजार इक्कीस बाइस की अवधि में एक करोड़ पंचानवे लाख आवास लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में पांच वर्ष के दौरान सवा लाख किलोमीटर लंबी सड़को का निर्माण किया जाएगा उन्होंने घोषणा की कि देश दो अक्टूबर दो हजार उन्नीस तक खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा सुश्री सीतारमन ने कहा कि जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा में बड़ा प्रयास जल शक्ति मंत्रालय का गठन है उन्होंने बताया कि राज्यों के साथ मिलकर केंद्र जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल पहुंचाना सुनिश्चित करेगा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए महिला स्व सहायता समूह ब्याज अनुदान कार्यक्रम भारत के सभी जिलों में लागू किया जायेगा

दोईमुख में गुरुवार को नई पुलिस स्टेशन भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही श्री फेलिक्स ने कहा कि पुलिस कर्मी दुसरो को अनुशासन सिखाने से पहले खुद अनुशासित रहे ताकि आम लोग उनका अनुसरण कर सके गृह मंत्री ने भ्रष्ट पुलिस कर्मियों से पुलिस स्टेशनों को कलेक्शन सेंटर में न बदलने को कहते हुए ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी

इस अवसर पर उन्होंने भूमि आवंटन और भू अधिग्रहण से जुड़े प्रक्रियाओं को और विकास एवं राजस्व को बढ़ाने में अच्छा प्रर्दशन करने पर बल दिया श्री खांडू ने संबंद्ध विभाग के विस्तृत लक्ष्य और योजनाओ की मांग की उन्होंने कहा की राज्य सरकार के विभिन्न विभागो से सबसे प्रमुख राजस्व सृजन करने वाले विभाग के तौर पर उभरने के लिए विभाग को ओर बेहतर प्रदर्शन करने की जरुरत है संयोग से संबंद्ध विभाग ने पिछले वर्ष के सृजन किए बारह करोड़ रुपए को बढ़ाकर इस वर्ष पचास करोड़ रुपए के राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है

नाहरलगुन हैलिपेड के प्रतिबंधित इलाको में अनियंत्रित अवैध निर्माण कार्य मुद्दे पर गुरुवार को संबंद्ध अधिकारियो के साथ एक बैठक करते हुए उन्होंने यह बात कही श्री नालो ने बैठक में कहा कि हैलिपेड के करीब अवैध निर्माण कार्य चार फरवरी दो हजार ग्यारह और सत्रह फरवरी दो हजार बारह की सरकारी राजपत्र अधिसूचना का गंभीर उल्लंधन है बैठक में अवैध निर्माण में लिप्त लोगो के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया

जोटे लॉ कॉलेज में वार्षिक तौर पर एक सौ बीस छात्रों का दाखिला लिया जाएगा और यह राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख से संबंद्ध है यानी एफिलियेटेड है उच्च और तकनिकी शिक्षा निदेशक ने गुरुवार को जानकारी दी की कॉलेज की शैक्षिक कक्षा आगामी अगस्त महिने से शुरु होगा